मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जीएसटी संग्रहण में कमी आने से राज्यों के विकास पर भी असर पडा है अर प्रदेश में गुलाबी ठण्ड का असर बढने लगा नागौर में ओले गिरे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के समाचार

नेशनल इंडौर स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम का नाम सावासदी पीएम मोदी है

इसमें मशहूर फिल्म अभिनेता रजनीकांत को फिल्मों के आइकॉन ऑफ गोल्डन जुबली पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा

फ्रांस की अभिनेत्री इसाबेल हूपर्ट को अन्तर्राष्ट्रीय लाईफटाईम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया जाएगा सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी उन्होंने समारोह में दिए जाने वाले अन्य पुरस्कारों और फिल्मों के बारे में भी बताया

न्यायालय अब पांच नवम्बर को आरोपितो को भगोडा घोषित करने पर आदेश सुनायेगा

गौरतलब है कि रिश्वत लेने के आरोप में कल उसे गिरफ्तार किया गया था

वे आज जयपुर के सीतापुरा में जैम्स एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की पहल पर बने छात्रावास का उदघाटन अवसर पर बोल रहे थे

इधर सरकार प्रदेश में निवेश को बढावा देने के लिए पूरी कोशिश कर रही है श्री गहलोत ने कहा कि सिंगल विण्डो सिस्टम को और प्रभावी बनाने का काम किया जा रहा है साथ ही प्रदेश में जल्द ही निवेश तथा प्रोत्साहन नीति भी लाई जायेगी

इसके साथ ही प्रथम वर्ष में प्रवेश भी शुरू हो गये हैं

चितौडगढ में बरामद किए गए नकली कीटनाशकों के बाद पूछताछ में इनकी अपूर्ति बस्सी से होना सामने आया है इसके बाद बस्सी में पुलिस द्वारा ली गई तलाशी के दौरान करीब दो करोड रूपये से अधिक के नकली कीटनाशकों का जखीरा मिला है उदयपुर बार एसोसिएशन की ओर से आज भारतीय कानूनों में बदलाव और चुनौतियां विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया

इस दौरान रक्तदान शिविर विधिक जागरूकता रैली और अन्य कार्यक्रम होगें सिरोही जिले के आबू रोड में सीवरेज लाईन डालने और जल शोधन संयंत्र लगाने को लेकर आज आरयूआईडीपी की टीम ने दौरा किया सिरोही में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के काम में लापरवाही बरतने पर एक बीएलओ निलम्बित किया गया है

सिरोही और श्रीगंगानगर जिले में भी कई स्थानों पर बादल छाये रहे श्रीगंगानगर में पडौसी राज्य पंजाब में जलाई जा रही पराली के कारण आसमान में भी सुबह से ही धूंए की हल्की परत छायी हुई है

प्रमुख नदियों के किनारे घाटों पर पर बडी संख्या श्रद्वालुओ ने डूबते सूरज को अर्ध्य दिया सूर्य मंन्दिरों में भी बडी संख्या में श्रद्वालु पहुंचे हैं लोग आस्था से जुडे इस पावन अवसर पर सूर्य की उपासना की जाती है इस अवसर पर सिरोही के अक्षरधाम मन्दिर में अन्नकूट और महाआरती का आयोजन किया गया है

कल रविवार का अवकाश होने के कारण नामांकन पत्र दाखिल नहीं किये जा सकेंगे

दिल्ली सरायरोहिला के बीच चलने वाली यह रेलगाडी दिल्ली से मंगलवार गुरुवार और शनिवार को चलेगी वही जयपुर से दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच बुधवार शक्रवार और रविवार को जायेगी